वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने प्रदेश में रेलवे लाईन के विस्तार की आवश्यकता पर दिया बल केंद्र सरकार की आत्म निर्भर भारत योजना से कृषि व उद्योग सहित हर वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास प्रदेश में आज कोरोना से भिली रही राहत अभी तक कोई भी नया मामला नहीं आया सामने

इनमें राजकीय महाविद्यालय सोलह मील धामी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुरी क्योंथल के अतिरिक्त भवन और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ओखरू का उदघाटन शामिल है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के तहत निर्भित होने वाले घरोग नालटा और बाग क्यालू सम्पर्क मार्ग की आधारशिला भी रखी

उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना संकट के बावजूद क्षेत्र में विकास कार्यों को तरजीह देने का प्रयास किया है जयराम ठाकुर ने कहा कि इन परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाएगा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि शाली माता मंदिर को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शैक्षणिक अधोसंरचना विकसित होने से विद्यार्थियों को उनके घर द्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के बालीचौकी में विभिन्न निर्माणाधीन विकासे कार्यो को तय समय अवधि में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वे आज शिमला से बालीचौकी के लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भिनी सचिवालय के लिए जल्द उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने क्षेत्र में स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों में समुचित स्टाफ की उपलब्यता सुनिश्चित की है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि हिमाचल जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान सीएसआईआर पालमपुर के हिमालयी क्षेत्र में मौजूद औषधीय पौधों व जड़ी बृटियों पर शोध व विकसित तकनीकों और उत्पादों से प्रदेश को काफी लाभ हुआ है

राज्यपाल ने कहा कि ये संस्थान अपनी तकनीकों को एमएसएमई के माध्यम से प्रदेश व देश में उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है

इस मौके पर सीएसआई आर आईआईएम जम्मू के पूर्व निदेशक प्रौफेसर एसएस हांडा ने मुख्य वक्ता के तौर पर फाईटो फार्मास्युटिकल ड्रग डवैल्पमेंट न्यू रेगुलेशन पर अपने विचार व्यक्त किए गोविंद वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकर ने सामरिक दृष्टि से प्रदेश में रेलवे लाइन के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को इस रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण सहित अन्य सभी औपचारिकताओं को जल्द प्रा करने के निर्देश दिए उन्होंने विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे लाइन पर मलवा गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गोविंद ठाकुर ने ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य औपचारिकताओं को भी जल्द पूरा करने को कहा इस बीच वन मंत्री ने वन विभाग की वन समृद्धि जन समृद्धि योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की उन्होंने कहा कि प्रदेश जल्द ही देश भर में औषधीय जड़ी बूटी राज्य बनकर उभरेगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अभित शाह ने पुलिस महानिदेशर्कों के सम्मेलन में इस रैंकिंग को जारी किया था प्रलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्राप्त उत्कृष्ट प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को समर्पित किया उन्होंने इस उपलब्धि के लिए विभाग की ओर से नादौन पुलिस स्टेशन को बधाई दी है कोरोना अपडेट प्रदेश में आज कोरोना से राहत मिली रही और अभी तक कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है

परमार प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक गतिविधियों व विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिला के भवारना में बेटी है अनमोल योजना और मुख्यमंत्री राहत कोष के लाभार्थियों को चैक वितरण के बाद ये बात कही

राठौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आज से प्रदेशभर में पौध रोपण कार्यक्रम शुरू किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला के क्लिसटन में पौध रोपण कार्यक्रम का शुभारम किया

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक दायित्व के साथ साथ सामाजिक कार्यो के प्रति भी सजग है